आज नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस समय बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल भुगतान को अपना रहे हैं श्री वातल ने कहा कि जीएसटी लागू होने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा श्री वातल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है सैनिक स्कूल भिंड जिले के मालनपुर में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल खुलेगा

इसके लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए जिला प्रशासन से जरूरी जमीन की मांग की थी वहीं जिले के गोहद अनुविभाग में यह जमीन मालनपुर में तलाश ली गयी है कल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डी के शर्मा ने दिल्ली से आए दल के साथ इस जमीन का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा भोपाल भेजी जाएगी

सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा संचालित होने वाले स्कूल भवन के निर्माण का पूरा खर्च अब प्रदेश सरकार को वहन करना होगा जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा कल अनूपपुर और कटनी जिलों में रहेगी मुख्यमंत्री कल सुबह पुष्पराजगढ़ विधानसभा के राजेन्द्र ग्राम पहुंचकर यात्रा की शुरुआत करेंगे दो दिनों की इस यात्रा के दौरान वे शहडोल जिले में भी पहुंचेंगे और कई जन सभाओं को संबोधित करेंगे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जनआशीर्वाद की शुरूआत उज्जैन से की थी

हड़ताल को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज होने वाली जनसुनवाई में व्यवस्था संभालने के लिए जिले के कुछ पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन पटवारियों ने इस कार्य को दिए जाने का विरोध दर्ज कराते हुए कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है जिसमें लिपिकीय कार्य ना करने की बात कही गई है

कर्मचारी अपना जीपीएफ बेवसाइट पर देख सकते हैं मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बताई है रीवा सागर ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है मौसम केन्द्र के अनुसार मौसम का मिजाज दो दिनों तक ऐसा ही बना रह सकता है

यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया

रायसेन जिले में भी यह प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित हो रही है